इस अवसर पर उन्होंने भारत को आजाद कराने में नेताजी सुभाष चंद बोस के योगदान को याद किया उन्होंने नेताजी और उनकी जन्म भूमि बंगाल को भी नमन किया प्रधानमंत्री ने कहा कि महान स्वाधीनता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों का शासन समाप्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों को एकजुट करने में प्रेरक भूमिका निभाई

लाहौल स्पीति ज़िला मुख्यालय केलंग में कड़ाके की ठंड व माईनस तापमान के बावजूद कार्यक्रम आयोजित कर नेताजी को याद किया गया इस अवसर पर उपायुक्त पंकज रॉय ने सुभाष चंद बोस के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए उन्होंने कहा कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करना है

उन्होंने बताया कि समारोह में केन्द्रीय गृह मंत्री अभित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़ंडा विशेष रूप से मौजूद रहेंगे

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अवसर पर विशेष डाक टिकट का अनावरण व हिमाचल तब और अब पर आधारित एक वृत चित्र का प्रसारण किया जाएगा इसके अलावा कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया जाएगा

गोविंद शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने सड़क सुरक्षा अभियान को जनआंदोलन बनाने की ज़रूरत बताई है वे आज कल्लू के ऐतिहासिक रथ मैदान में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर आधारित ज़िला स्तरीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे

उन्होंने सभी से यातायात के नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सरकार द्वारा रिज मैदान पर किए जा रहे विशाल आयोजन पर सवाल उठाया है आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि एक तरफ रिज के नीचे पानी के टैंक का मुरम्मत कार्य चल रहा है और इसके ऊपर विशाल पंडाल लगाना लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालना है कुलदीप राठौर ने कहा कि राज्य सरकार भाजपा नेताओं के बैनर लगाकर उनके गुनगान में करोड़ों रूपये खर्चे कर रही है राठौर ने कहा कि जब हिमाचल पूर्ण अस्तित्व में आया था तो उन्हीं के नेताओं ने उसका विरोध किया था उन्होंने कहा कि प्रदेश निर्माण में भाजपा का कोई योगदान नहीं है और उनके नेता हिमाचल को पंजाब में मिलाने के पक्षधर थे राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों व नेताओं के प्रयासों से आज आध्रनिक हिमाचल बना है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बार बार कर्ज़ ले रही है मगर इस धनराशि को अनावश्यक खर्च किया जा रहा है